रोजगार मेला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि यह वर्ष रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है राज्य सरकार सरकारी सेवाओं और अन्य माध्यमों से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है आज देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं में भी विभिन्न पदों के लिए लिए विभागों द्वारा लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजे गये हैं इन पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उत्तराखण्ड में अनेक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के युवा परिश्रमी और ईमानदार हैं उनके कौशल विकास पर ध्यान देने की जरूरत है इसी उद्देश्य से राज्य जनपद और तहसील स्तर पर रोजगार मेले आयोजित किये जा रहे हैं

सीएए देहरादून मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कुछ बाहरी लोग सीएए के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के प्रयास में उत्तराखंड पहुंचे हैं मुख्यमंत्री ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे इनपुटस मिले हैं कि कुछ बाहरी लोग उत्तराखंड का माहौल खराब करने के लिए यहां पहंचे हैं जिन पर नजर रखी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन माहौल खराब करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

ऊर्जा सचिव राधिका झा ने यह जानकारी देते हए बताया कि टीएचडीसी के मामले में उच्चतम न्यायालय में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाएगी

उन्होंने देश में गांधीनगर के साथ ही देहरादून को भी ग्रीन सिटी के रूप में चिन्हित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के प्रसार और पर्यटन प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए मददगार बताया उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है हरिद्वार और देहरादून स्थित सरकारी भवनों से इसकी शुरूआत की गई हैं

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपनी छतो का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करने की अपेक्षा की इस मौके पर ऊर्जा सचिव राधिका झा ने कहा कि प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रयास जारी है

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

इस बार यह कार्यक्रम शाम छह बजे प्रसारित किया जाएगा इससे पहले सामान्यंता यह कार्यक्रम दिन के ग्यारह बजे प्रसारित होता था

सैनिकों को छूट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि सैनिकों को राज्य में एक मकान के लिए गृह कर में पूर्ण रूप से छट दी जायेगी इसके लिए उन्होंने सैनिक कल्याण निदेशक को प्रस्ताव बनाने को कहा है आज देहराद्न में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नगर निकायों के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए प्रयास करने और नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिये शहीद अंतयेष्टि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुड़भेड़ में मंगलवार को शहीद हुए उत्तराखंड के जवान राहल रैंसवाल का चंपावत जिले में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य स्थानीय विधायक के साथ ही जनप्रतिनिधि जिलास्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शहीद रैंसवाल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी राहुल के पिता वीरेंद्र रैंसवाल भी पूर्व सैनिक रह चुके हैं उन्हें राहल की शहादत पर गर्व है

उनका बड़ा भाई राजेश रैंसवाल भी फौज में है शहीद राहुल रैंसवाल मूल रूप से रियासीबमन गांव के रहने वाले थे वर्तमान में राहुल का परिवार जिले के कनलगांव में रहता है

इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को श्रद्वाजंलि दी है देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ ही उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की गई

आज मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे की अध्यक्षता में सभी ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को एस ई सी सी सर्वेक्षण कार्यों का प्रशिक्षिण दिया गया

बाल श्रम सर्वेक्षण राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत पौड़ी जिले के सभी क्षेत्रों में बाल श्रम सर्वेक्षण किया जाना है

उन्होंने कहा कि बाल श्रम के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही के बारे में वृहद जागरूकता अभियान चलाया जाएगा

मंडुवे के बिस्कुट नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत पर्व में बागेश्वर जिले के मुनार के मंडवे के बिस्कट का स्वाद छायेगा